मोदी महिला दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि महिला दिवस के दिन वे अपने सोशल मीडिया अकाउंटस उन महिलाओं को समर्पित करेंगे जिनके जीवन और कार्यों ने लोगों को प्रेरणा दी है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे लाखों लोगों को प्रेरित करने में मदद मिलेगी

चुनी गई प्रविष्टियों को प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखा जाएगा जिससे उनके विचार और सोच को विश्व जान सकें सीएम अक्षय पात्र मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी के बावड़िया कला क्षेत्र में प्रस्तावित अक्षय पात्र एकीकृत रसोई घर का भूमिपूजन करते हुये कहा कि बेहतर समाज और देश के निर्माण के लिए जरूरी है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले यह राज्य का सबसे बड़ा एकीकृत रसोई घर होगा जिसका निर्माण अक्षय पात्र संस्था द्वारा एक निजी औद्योगिक संस्था के साथ मिलकर किया जा रहा है यह रसोई घर सरकारी स्कूलों के पचास हजार से अधिक बच्चें को मध्यान्ह भोजन प्रदान करेगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपो का खंडन किया है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया

इस अवसर पर हम प्रादेशिक समाचारों में ऐसी महिलाओं की खबरें प्रसारित कर रहे हैं जो प्रदेश में दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं आज सुनिए पन्ना जिले की एक ऐसी पारधी महिला की दास्तां जिसने ना केवल समाज में शिकार पर रोक लगादी बल्कि बच्चों को भी पढ़ाने का बीड़ा उठाया है

मौसम राज्य में कहीं गर्मी का असर बढ़ रहा है तो कहीं बेमौसम बारिश परेशानी का कारण बन रही है अनूपपुर जिले में बीते चार दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने दलहन और तिलहन फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है इसी तरह गेंहूँ की फसल को भी नुकसान होने की सूचनाएं आई हैं पन्ना जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों को नुकसान हुआ है हमारे शिवपुरी संवाददाता के अनुसार शिवपुरी जिले में भी मौसम में आये अचानक बदलाव के साथ तेज बारिश हुई है जिससे फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में तेज धूप से गर्मी भी बढ़ गई है

लोकनिर्माण मंत्री सज्जन वर्मा ने सीहोर जिले की आष्टा तहसील के बमुलिया घाटी गांव में कई सड़क मार्गों का भूमिपूजन किया अनूपप्र में होली के मौके पर आपसी सद्भाव और शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक गुरूवार को होगी छतरपुर में विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारी संगठनों ने राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई अनुबंध नीति का विरोध करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ग्ना के नगरपालिका परिषद क्षेत्र में चलाया जा रहा जीआईएस सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है इसके चलते भवन और भू स्वामीयों को घर से संपत्तिकर जमा करने की सुविधा मिलने लगेगी उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र के मड़वा पंचायत के सरपंच को पुलिस ने मासूम के साथ दुराचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है